रफाल विमान पांच रफाल लडाकू विमानों का पहला बेडा आज अंबाला पहुंचा यहां स्थित वायुसेना केंद्र पर इन विमानों को वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रफाल लड़ाकू विमानों के भारत पहुंचने का स्वागत किया है संस्कृत में अपने ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा है कि राष्ट्र की रक्षा से बढ़ कर कोई बड़ा पुण्य नहीं है राष्ट्ररक्षा से बड़ा कोई और व्रत नहीं है और राष्ट्ररक्षा से बढ़ कर कोई भी यज्ञ नहीं है वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि इन लडाकू विमानों का भारत में आना देश के सैन्य इतिहास में एक नये युग की शुरुआत है रक्षा मंत्री ने कहा कि इन विमानों की उडान क्षमता इनके अस्त्र् शस्त्र् तथा रडार और सेंसर जैसी विशिष्टताएं दुनिया में श्रेष्ठतम है इन विमानों के भारत में आने से देश को होने वाले किसी भी खतरे से मजबूती से निपटने में मदद मिलेगी

अगले वर्ष के अन्त तक ये सभी विमान भारत को सौंप दिये जाएगे

नई शिक्षा नीति में किए गए अन्य प्रमुख सुधारों में शिक्षा संस्थाओं को अकादमिक प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करना और सभी प्रकार की उच्च शिक्षा के लिए एक ही विनियामक बनाना भी शामिल है इसके अलावा तरह तरह के निरीक्षण के स्थान पर स्वीकृति लेने के लिए स्वघोषणा पर आधारित पारदर्शी प्रणाली कायम करने की बात भी नई शिक्षा नीति में कही गई है

उन्होंने कहा कि अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय के नाम से पुकारा जाएगा

सिंगरौली से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के मोरवा स्थित सिंडिकेट बैंक के मैनेजर संक्रमित पाए गये हैं जिसके बाद बैंक के पूरे स्टाफ को कोरोन्टीन किया गया है

डॉ मिश्रा ने आज ट्वीट के जरिये कहा है जब कोई और विकल्प कारगर नहीं लगेगा तभी लॉकडाउन आगे बढ़ाने के बारे में सोचा जाएगा छिंदवाड़ा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में एक अगस्त से चार दिन का लॉकडाउन लगाया जाएगा

सर्वे की शुरूआत उज्जैन से की जाएगी एम्स भोपाल के निदेशक प्रोफेसर सरमन सिंह ने बताया कि उज्जैन का चयन पहले इसलिये किया गया है क्योंकि यहा मृत्युदर सबसे ज्यादा है प्रोफेसर सिंह आज पीआईबी भोपाल द्वारा तेजी से फैल रहे कोरोना संकमण से कैसे बचें विषय पर आयोजित एक वेबनार को संबोधित कर रहे थे श्री सिंह ने कहा कि घर से बाहर जाने पर मास्क लगाना बार बार हाथ धोना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर हम कोरोना को मात दे सकते हैं हर्बल गार्डन प्रदेश के आय्ष राज्यमंत्री रामकिशोर कावरे ने सभी जिलों में औषधीय पौधरोपण कर हर्बल गार्डन विकसित करने के निर्देश दिए हैं श्री कावरे ने कहा है कि वे स्वयं किसानों को फलदार पौधों की तरह औषधीय पौधे लगाने के लिये भी प्रोत्साहित करेंगे श्री कावरे आज बालाघाट से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये आयुष विभाग की समीक्षा कर रहे थे

इसके लिये ग्राम पंचायतों की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए भवन मरम्मत आदि के कार्य करवाये जाए

कई ऐसी खबरें भी आयी हैं जिसमें पिता की मौत के बाद बेटों ने अंतिम संस्कार से तक दूरी बना ली न चाहते हुए भी इस वीभत्स त्रासदी ने मनुष्य को संवेदन शून्य बना दिया लेकिन बैतूल में ऐसा मामला सामने आया है जो साबित करता है कि मां मुसीबत में भी बच्चों को अकेला नहीं छोड़ती जिले के चिचोली कोविड सेंटर में कोरोना संक्रमित दो बच्चों की देखभाल के लिए स्वस्थ मां बीमार पड़ जाने का खतरा उठाने से भी पीछे नहीं है ताकि उसके बच्चे स्वस्थ्य हो सकें चिचोली बीएमओ डॉ राजेश अतुलकर ने बताया कि ऊंचागोहान के एक परिवार के एक वर्षीय दुधमुहे बच्चे और साढ़े तीन वर्षीय एक मासूम को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर भर्ती कराया गया है इन बच्चों की देखरेख करने के लिए इनकी कोरोना नेगेटिव मां भी इनके साथ भर्ती हुई हैं उन्होंने बताया कि ये बच्चे अपने पॉजिटिव पिता के संपर्क में आए थे जो कोविड सेंटर चिचोली में आइसोलेट है मां की कोरोना से जंग जारी है और यह तय है कि जीत मां की ही होगी मौसम लम्बे इंतजार के बाद राजधानी भोपाल में आज हल्की बारिश हुई हालांकि दिनभर बादल छाये रहे वहीं रायसेन में करीब दो सप्ताह बाद वर्षा हुई जिससे किसानों को राहत मिली

मौसम विभाग ने शहडोल रीवा सतना दमोह सागर छतरपुर टीकमगढ़ नरसिंहपुर बैतूल हरदा सहित कई जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान जताया है